प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना उन्मूलन पहलों की ब्नियाद के रूप में काम कर रही है जिससे करोड़ों लोगो को लाभ मिल रहा है कई टवीट कर श्री मोदी ने कहा कि बैंक स्विधाओं से वंचित लोगों की बैंकों तक पहंच बनाने के उद्देश्य से छ वर्ष पहले इस योजना की श्रूआत की गई थी उन्होंने कहा कि इस योजना के अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलायें है श्री मोदी ने कहा कि कई परिवारों का भविष्य स्रक्षित हो गया है प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों की सहाहना की जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किये है

यह फैसला न्यायमूर्ति अशोक भूषण का अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा अधिनियम के तहत यह परीक्षायें स्थगित कर सकते है लेकिन विश्वविद्यालय अन्दान आयोग की सलाह से नई तरीखें तय करनी होगी राजयों को यूजीसी ने दिशा निर्देशों के अन्सार परीक्षायें आयोजित करनी होगी और किसी भी छूट के लिए उन्हे अन्मति लेनी होगी

यूजीसी ने उच्चतम न्यायलय से कहा कि राज्य परीक्षायें करवाये बिना डिग्री देने का निर्णय नहीं ले सकते सूचना एवं प्रसारण मत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतिम वर्ष की परीक्षायें सम्बधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर आगे दाखिला लेने में मदद मिलेगी उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इस म्द्दे पर अनावश्यक विवाद समाप्त हो जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

हिन्दी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्न् प्रसारण रात आठ बजे से स्ना जा सकता है

इसलिए सरकार को हरियाणा को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए श्री चौटाला ने पांच वर्षो तक मदद करने की इस अवधि को क्षतिपूर्ति के लिए आगे बढ़ाये जाने की मांग भी की

फरीदाबाद के विधायक नरेन्द्र ग्प्ता पृथ्ला के विधायक नैन पाल रावत और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा ने खुद को संगरोध में रखा है ये सभी कोरोना वायरस से संक्रमित सांसद कृष्ण पाल ग्र्जर के सम्पर्क में आये थे

इन क्षेत्रों को बफर जोन से भी हटा दिया गया है

मुख्य सचिव और हरियाणा राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्त्ओं और सेवाओं की द्काने ख्लने की अन्मति होगी

हरियाणा प्लिस ने व्हाइस एप्प का इस्तेमाल करने वालों को एडवाइज़री जारी कर व्हाट्स एप्प अकाउंट हैक करने वालो जालसाज़ों के बारे में सचेत किया है पूलिस ने कहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए वे अपने फोन पर आये किसी भी वेरीफीकेशन कोड वाले मैसेज का जवाब न दे

हिमाचल और ग्जरात के बाद हरियाणा देश में अव्वल है